परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है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 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्ही पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्वियों का मिलान किया जाएगा सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है मतगणना केन्द्र के सौ मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ चौवालिस के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी प्रदेश में चुनाव आयोग ने एहतियाती कदम उठाते हुये परिणामों की घोषणा के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी है प्रदेश की महत्वपूर्ण संसदीय सीट वाराणसी में वाटों की गिनती के लिये आठ सौ से अधिक मतगणनाकर्मियों को लगाया गया है वहां से हमारे संवाददाता ने बताया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मैदान में होने से सिर्फ प्रदेश और देश ही नही अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी पर लोगो की निगाहें भी यहां लगी हुई हैं

कांग्रेस में अजय राय तथा सपा बसपा रालोद गठबंधन ने शालिनी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है यहां वोटों की गिनती के लिए आठ सौ से अधिक मतगणना कर्मियों को लगाया गया है आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मैं मुल्तान सिंह यादव निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में चौबीसों घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है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 इसका टेलीफोन नंबर है शून्य एक एक दो तीन शून्य पांच दो एक दो तीन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालिस घंटे के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार कल सुबह सात बजे से परसों रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा दूरदर्शन ने भी कल सुबह छ बजे से चुनाव परिणामों के प्रसारण के लिये विशेष व्यवस्था की है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे झूठे सर्वक्षण से निराश न हों उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क और जागरूक रहने को कहा एक ट्वीट संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने आप पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से रिसैट टूबी उपग्रह का प्रक्षेपण किया यह रडार इमेजिंग उपग्रह आज सुबह साढ़े पांच बजे पीएसएलवी सी छियालिस रॉकेट से भेजा गया इसका वजन छः सौ पन्द्रह किलोग्राम है उपग्रह से भेजे गए आंकड़ो का इस्तेमाल कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा यह उपग्रह दो हजार नौ में भेजे गए रिसैट टू का स्थान लेगा प्रक्षेपण के तुरन्त बाद इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही पीएसएलवी ने पचास टन भार अंतरिक्ष में भेजने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने बताया कि रिसैट टूबी में अनेक नई खूबियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने कहा है कि सुरक्षा चुनौतियां चूंकि दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं इसलिए भविष्य में सीमाओं की सुरक्षा में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी वे आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीमा सुरक्षा बल की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है बल्कि इसने उच्च मानक भी स्थापित किए हैं लोकसभा चुनाव की मतगणना पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित होने के कारण कल सुबह के प्रादेशिक समाचार के समय में परिवर्तन किया गया है कल यह समाचार सात बज कर बीस मिनट के स्थान पर सुबह नौ बजकर सात मिनट से प्रसारित किया जायेगा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लू के साथ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है गर्मी के चलते लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है ज्यातर जिलों का अधिकतम तापमान चालिस से छियालिस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जा रहा है पिछले चौबीस घंटे में इलाहाबाद सर्वाधिक गर्म स्थान रहा वहां का अधिकतम तापमान पैंतालिस दशमलव छः डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया